श्री गांधी ने प्रदेष के एक दिवसीय दौरे में आज सुरतगढ और ब्रंदी तथा जयपुर में जनसभओं को संबोधित किया

नोटबंदी और जीएसटी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन फैसलों से छोटे उद्योगों को न्कसान हआ है

विजय संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जयपुर ग्रामीण लोक सभा क्षेत्र के कोटपुतली में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया रैली को संबोधित करते हुए लोक सभा प्रत्याषी राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि उन्होंने जयप्र ग्रामीण के विकास में कोई कसर नहीं छोडी

टोंक जिले के निवाई में आयोजित विजय संकल्प सभा में केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया वहीं दौसा जिले के सिकंदरा में आयोजित विजय संकल्प सभा में केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया

सबसे ज्यादा एक सौ सात करोड़ रुपये लागत की वस्तुएं तमिलनाडु में बरामद की गई हैं उत्तर प्रदेश में बरामद की गई इस सामग्री का मूल्य एक सौ चार करोड़ रुपये और आंध प्रदेश में एक सौ तीन करोड़ रुपये है

स्वीप गतिविधियों के तहत यह अभियान शुरू किया गया है

जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह चारण की अध्यक्षता में आयोजित हई बैठक में इस मानव श्रंखला में करीब पांच हजार लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के कैलेण्डर अनुसार आज मजदूरों को लोकसभा आम मतदान की शपथ दिलायी गयी वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित अक्शल श्रमिकों के समक्ष ईवीएम मशीन और वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया

बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने मतदान दल के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस निर्णय के बाद क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पहले की तरह होगी